उन्होंने कहा कि भारत सामुहिक शक्ति से सशक्त बना है और इसी सामूहिक शक्ति के बल पर देश कोविड जैसी महामारी से उबरकर आगे आया है श्री बिरला आज बस्ती में आयोजित बस्ती महोत्सव के दूसरे दिन शिखर दिवस का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में बस्ती ने महत्वपूर्ण भूमिका निमायी थी श्री बिरला ने कहा कि बस्ती जिले के तीन सौ लोगों को अंग्रेजी शासन ने सामूहिक रूप से फांसी दे दी थी जिसे कमी भूलाया नहीं जा सकता कार्यक्रम से पूर्व श्री बिरला ने नगर के शास्त्री चौक पर सौ फीट ऊंचे राष्ट्रव्वज का लोकार्पण किया और सलामी दी इससे पूर्व कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर तीन दिवसीय बस्ती महोत्सव का श्मारंभ किया इस अवसर पर लोगों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कोविड महामारी का डटकर मुकाबला किया है उन्होंने कहा कि संकट के इस समय में सरकार ने अस्सी करोड़ देशवासियों को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराया किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कई घोषणाएं की गयीं जिससे महामारी के बाद की निराशा और अंधकार को दूर करने में मदद मिली सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि कोविड महामारी के कारण इस वर्ष बस्ती महोत्सव छोटे स्थान पर आयोजित किया जा रहा है लेकिन इसकी दिव्यता और भव्यता में कोई कमी नहीं होगी

इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का यूग डिजिटल यूग है और इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे देश दुनिया की जानकारी प्राप्त की जा सकती है उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बड़ी मात्रा में पाढ़य सामग्री इंटरनेट पर उपलब्ध हो गयी है जिसका उपयोग पाठ्यक्रम संचालन में किया जा सकता है मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में दूरस्थ क्षेत्र में स्थित महाविद्यालय के राजकीयकरण के लिए उत्तराखंड सरकार का आभार जताया इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों में आगामी एक मार्च से तीन मार्च तक प्रधानमंत्री किसान समाधान अभियान संचालित करने के निर्देश दिए हैं कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने कल इस संबंध में निर्देश जारी कर कहा कि ऐसे किसान जो आघार कार्ड में किसी समस्या के चलते प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं ले पा रहे वे आगामी एक मार्च से तीन मार्च के बीच अपने विकास खंड के बीज भंडारण केंद्र पर जाकर आधार कार्ड में त्रुटि को ठीक करा सकते हैं

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विमाग के महानिदेशक डॉक्टर देवेन्द्र सिंह नेगी ने कल बताया कि अभियान के सफल संचालन के लिये सभी संबंधित विमागों को निर्देश दिये गये हैं कि आगामी पच्चीस फरवरी तक कार्ययोजना बनाकर मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में जमा करायें प्रदेश सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि पुलिस उन्नाव में मृत बालिकाओं का अंतिम संस्कार रात में ही करना चाहती थी सुचना एवं जनसंपर्क विभाग ने ट्वीट कर कहा कि यह दावा पूरी तरह निराधार और असत्य है उन्नाव में दोनों बालिकाओं का अंतिम संस्कार परिजनों द्वारा विधिप्र्वक किया गया

सरकार द्वारा लागू की गयी नीतियों और योजनाओं से प्रदेश में विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्राप्त हो रही है प्रदेश में शैक्षिक सत्र दो हजार बीस इक्कीस में विद्यालयों में स्कूल चलो अभियान के तहत एक करोड़ पच्चासी लाख विद्यार्थियों का नामांकन कराया गया इसके अलावा प्रदेश में बेसिक शिक्षा की सुविधा को बेहतर बनाते हुए दो लाख पैंसठ हजार से अधिक विद्यालयों को संचालित किया जा रहा है

जिलाधिकारी मनीष क्मार वर्मा ने बताया कि इस संबंध में शासन की ओर से निर्देश जारी कर दिया गया है